बजट अनुमानों में उन्तीस हजार तीन सौ निन्यानबे करोड़ चौंतीस लाख रूपये का राजकीय घाटा दिखाया गया है बजट खर्च में तीस हजार बारह करोड़ रूपये प्ंजीगत खर्चे और पचासी हजार एक सौ सतासी करोड़ रूपये राजस्व खर्चे के लिए तय किये गये है

सरकार का जीएसटी से तेइस हजार सात सौ साठ करोड़ रूपये वैट से ग्यारह हजार चार सौ चालीस करोड़ रूपये आबकारी श्लक से छ हजार करोड़ रूपये और स्टैमप व पंजीकरण से पैंतालिस सौ करोड़ रूपये प्राप्त होंगे गैर कर प्राप्तियों में पीडीसी से चार हजार करोड़ रूपये परिवहन से दो हजार करोड़ रूपये और खनन से आठ सौ करोड़ रूपये मिलने की उम्मीद है

वितमंत्री ने कहा कि इस तकनीक से गाय की नब्बे प्रतिशत से अधिक बच्छियां पैदा होगी और आवारा बैलों की समस्या होने के साथ साथ दूध का उत्पादन में भी वृद्वि होगी वित्तमंत्री ने मुरर्राह जर्म प्लाजम के और अधिक विकास प्रचार और संरक्षण के लिए न्ये वित्तवर्ष में हिसार के नारनौंद उपमंडल में मुरर्राह अनुसंधान एवं कौशल विकास केन्द्र स्थापित करने की घोषणा भी की है इसके अलावा लाला लाजपत राय पश् चिक्ति्सा एवं पश् विज्ञान चिकित्सालय हिसार के तहत एक पश् चिकित्सा पश् धन विकास डिप्लोमा कालेज अम्बाला के लखनौर साहेब में खोला जायेगा वित्तमंत्री ने इस वर्ष के अंत तक चौवन और मंडियों को राष्ट्रीय कृषि बजट ई मार्केट प्लेटफार्म से जोड़ने की घोष्णा की है

सरकार ने कृषि को लाभकारी बनाने कृषि उत्पादकता बढ़ाने किसान परिवारों व भ्मिहीन श्रमिकों पर दवाब कम करने के लिए उपाय करने हेतु किसान कल्याण प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय भी लिया है वित्तमंत्री ने घोषणा की है कि किसानों से सूरजमुखी मूंग बाजरा व सरसों की न्यूनम समर्थन मूलय पर खरीद जारी करेगी राज्य ने रबी सीज़न में अस्सी लाख टन गेहं की न्यनतम समर्थन मुल्य पर खरीद के लिए प्रबंध किये है वितमंत्री ने कहा कि नये वित्त वर्ष में पन्द्रह हजार हैक्टयेर क्षेत्र में वनीकरण किया किया जायेगा और जैव विविधता के संरक्षण के लिए अधिक से अधिक लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किये जायेंगे

वित्तमंत्री ने इस बजट में एसवाईएल के निर्माण के लिए सौ करोड़ रूपये रखने की घोषणा भी की और कहा कि इस नहर के निर्माण के लिए एक हजार करोड़ की जरूरत हई तो वो भी उपलब्ध कराये जायेंगे

विपक्ष ने बज्ट की आलोचना की है कांग्रेस और इनैलो ने बजट को दिशाहीन खोखला बताया है बडाली बद्रर्स के नमा विश्व प्रसिद्व सूफी गायक भाईयों में से आज छोटे प्यारे लाल बडाली का देंहात हो गया उन्होंने अमृतसर के फोर्टिस अस्पताल में आखिरी सांस ली वे अमृतसर से के ऐतिहासिक गांव ग्रू की बड़ाली के रहने वाले थे अमृतसर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज शाम उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया इस मौके पर संगीत जगत की कई हस्तियों व प्रम्ख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने उन्हें श्रद्वाजंलि दी हरियाणा के फरीदाबाद और ग्रूग्राम के नागरिक अस्पतालों में पंचकुला और अम्बाला छावनी की तर्ज पर हद्वय चिकित्सा सेवाओं का विस्तार किया जायेगा

उन्होंने स्वासथ्य एंव परिवार कल्याण के लिए चार हजार सात सौ उन्हतर करोड़ इकसठ लाख रूपये के प्रावधान का प्रस्ताव रखा